स्वस्थ होने की दर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक

सबसे अधिक भोजपूर में नौ लोग मारे गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य में कोरोना का प्रसार काफी अधिक होगा भाजपा द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किये गये कार्यों की समीक्षा के दौरान श्री मोदी ने कहा कि बिहार में कोविड उन्नीस संक्रमण के प्रसार की दर अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी कम है जो सुखद है

प्रदेश में अबतक कोविड उन्नीस के आठ हजार चार सौ अट्ठासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वस्थ होने की दर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक है उन्होंने बताया कि अभी दो हजार आठ सौ तेरासी मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है श्री सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में चार और कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर अट्ठासी हो गई है पटना में दो तथा किशनगंज और भागलपुर में एक एक मरीजों की मौत हुई है श्री सिंह ने बताया कि पटना में जिन दो लोगों की मौत हुई है उनमें एक समस्तीपुर के रहने वाले थे सभी मृतक कई अन्य प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित थे इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के तीन सौ उनचास नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार चार सौ साठ हो गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सहरसा जिले में सबसे अधिक तिरपन पॉजिटिव पाए गये हैं जिससे यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो सौ छप्पन हो गई है मुजफ्फरपुर में चौवालीस गया में चौंतीस पटना और सारण में चौबीस चौबीस तथा पश्चिम चंपारण में इक्कीस व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं इसी तरह भोजपुर जिले में बीस नालंदा में उन्नीस खगड़िया में सोलह भागलपुर और दरभंगा में चौदह चौदह गोपालगंज में तेरह रोहतास में सात मधेप्ररा और नवादा में छह छह मध्रबनी मुंगेर और वैशाली में पांच पांच किशनगंज में चार कैमूर में तीन औरंगाबाद बांका बक्सर और समस्तीपुर में दो दो तथा जमुई लखीसराय शेखपुरा और सीतामढ़ी में एक एक लोगों के कोविड उन्नीस की चपेट में आने की प्रष्टि हुई है बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं उनकी पत्नी बेटा और निजी सहायक भी पॉजिटिव पाये गये हैं सभी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि इस महीने की एक तारीक्ष को अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद के नौ नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी थी इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार उनके आसपास बैठे हुये थे इसे देखते हुये मुख्यमंत्री समेत अन्य सभी के नमूने जांच के लिए एकत्र किये गये हैं देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या छह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पन्द्रह हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे में बाईस हजार सात सौ इकहत्तर लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई है वहीं अब तक तीन लाख चौरानवे हजार दो सौ सत्ताईस रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर लगभग साठ दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गई है वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अठारह हजार छह सौ पचपन हो गई है भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड उन्नीस की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है क्योंकि यहां इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं

उससे पता चलता है कि वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में डॉक्टर रेड्डी ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविड उन्नीस मरीजों के इलाज के लिए दवाओं का क्लीनिकल परीक्षण किया गया है और प्रभावी दवाओं की घोषणा जल्दी की जा सकती है डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उनतालीस देशों में लगभग पांच हजार पांच सौ मरीजों पर यह परीक्षण किया जा चुका है अगले दो सप्ताह में इसके अंतरिम परिणाम आने की संभावना है केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित कर दी है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है राष्ट्रपति श्री कोविन्द ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले पांच शिष्यों को भगवान ब्रद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है बौद्ध धर्मावलम्बी इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के आठ उपदेश मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया और विश्व को शांति तथा अहिंसा का संदेश दिया बोधगया में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम बीस लोगों की मौत हो गयी आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भोजपुर में नौ सारण में पांच कैमूर में तीन पटना में दो और बक्सर में एक व्यक्ति की मौत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वजपात की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जतायी है उन्होंने जिला प्रशासन से मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चाल लाख रूपये की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मोतिहारी में चौदह सेंटीमीटर बारिश हुई है वहीं सुपौल के भीमनगर में तेरह और त्रिवेणीगंज में ग्यारह सेंटीमीटर जबकि ढेंगरा घाट में दस मधेप्ररा हायाघाट महुआ और कमतौल में आठ आठ और बहादुरगंज में छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गयी है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पटना के कंकड़बाग राजेन्द्रनगर कदमकुआं पटना सिटी बोरिंग रोड पुनाईचक बैंक कॉलोनी और शिवपुरी समेत कई मुहल्लों में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग ने वजपात की आशंका को देखते हुये लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की अपील की है प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदियों के जलस्तर में स्थिरता और घटने की प्रवृति बनी हई है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से एक मीटर जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में और परमान नदी अररिया में लाल निशान के ऊपर बनी हुई है अन्य सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है केंद्र सरकार ने सरसों तेल समेत सभी प्रकार के खाद्य तेल की खूली बिक्री पर रोक लगा दी है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि खाने की तेल में मिलावट की लगातार आ रही शिकायतों के बाद खुले खाद्य तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का राज्यों को निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि इससे संबंधित निर्देश राज्यों के खाद्य सचिवों को भेज दिया गये हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस वर्ष फरवरी मार्च और अप्रैल महीने हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति के मद में किसानों के बीच पांच अरब अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक राशि का वितरण किया जा चुका है श्री कुमार ने बताया कि अठारह लाख उनतालीस हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा चुकी है प्रदेश में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अबतक सात करोड़ चौंतीस लाख पच्चीस हजार से अधिक मानव दिवस रोजगार का सूजन किया गया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में प्रतिदिन औसतन नौ लाख उनासी हजार मानव दिवस सुजित हुए हैं श्री कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी पंचायतों में योजना के तहत काम चालू है अनलॉक के दूसरे चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक इक्यासी लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो हजार चार सौ छियानवे वाहन भी जब्त किये गये हैं एक व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी हुई है पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र में एक कंटेनर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के वाटगंज चौक के पास बस की चपेट में आने से चाचा भतीजा की मौत हो गयी दूसरी तरफ रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में ऑटोरिक्शा के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि चार महिला घायल हो गयी इधर जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत चौरा ठेकुआ गांव में सड़क दूर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया जमुई जिले के चरकापत्थल थाना के चिल्लका खांड गांव से सटे घने जंगलों से अर्धसैनिक बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मार कर भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद और नक्सली साहित्य बरामद किया है पटना हवाई अड्डे से पुलिस ने तीन युवकों को जाली पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि ये सभी जम्मू जा रहे थे गिरफ्तार युवक सुपौल के रहने वाले हैं नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अन्तर्गत नेपुरा गांव में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गयी जमुई जिले के चंद्रमंडी थाने की पुलिस ने बटिया घाटी लूटकांड में शामिल दो अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पूलिस ने कंसी गांव के काली मंदिर के पास एक पिकअप वैन से एक सौ कार्टन शराब बरामद की है

स्वस्थ होने की दर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक

सबसे अधिक भोजपुर में नौ लोग मारे गये